केन्द्र सरकार ने आज से पूर्णबंदी दो सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सात सौ जिलों को रेड ओरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विमाजित किया है संपर्ण बंदी के तीसरे चरण में देश के हर जोन में हवाई रेल मेट्रो और अंतर्राजीय परिचालन पर रोक रहेगी स्कूल और शैक्षिक संस्थान भी बंद रहेगे हालांकि क्रषि से जुड़े सभी कार्यो की अनुमति जारी रहेगी ग्रामीण भारत में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों जिनमें मनरेगा कार्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईट भट्टे शामिल है सुचारु रूप से कार्य कर सकेंगे इस दौरान ग्रीन जोन में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों की अनुमति दे दी गई है ऐसे जिलों में पचास बसों के परिचालन की भी अनुमति दी गई है सड़क मार्ग से माल यातायात पर भी कोई रोक नहीं है बाजार परिसर और कंटेन्मेंट जोन के अतिरिक्त स्थित मदिरा और पान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी अस्पतालों में सामान्य ओपीडी और डॉक्टरों के क्लीनिक भी अब खोले जा सकेंगे प्रदेश सरकार ने राज्य के अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है राज्य सरकार ने कार्यालय खोलने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम बहाल करने के बारे में अनुदेश जारी कर दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन धन खाता धारकों से अपील की है कि वे रुपे कार्ड का प्रयोग कर धन निकासी करें जिससे बैंकों में भीड़ नहीं लगे सुप्रसिद्व फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कोविड नाइन्टीन के खिलाफ संघर्ष में लोगों से परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है समी वर्ग के समी उम्र के लोग अपने अपने घर में रूके हैं यहीं तो सच्ची देशभक्ति है तो आईए अपने परिवार को और खुशनुमां पल दीजिए घर में रहिएं और कोरोना को घर से बाहर रखिये लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे कामगारों और श्रमिकों को लाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध किया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान महाराष्ट्र से दो हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों को लेकर दो रेलगाड़ियां गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंची हैं पहली रेलगाड़ी कल रात करीब डेढ़ बजे आयी इसमें करीब एक हजार पांच सौ श्रमिक थे दूसरी रेलगाड़ी तड़के करीब पांच बजे पहंची समी प्रवासी कामगारों के स्वास्थ्य की जांच की गयी और उनके नाम मोबाइल नंबर पता दर्ज करते हुए बसों द्वारा उनके गृह जनपद भेजा गया जहां घर पहंचने से पहले उन्हें चौदह दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के टेराकोटा कारीगरी को बौद्विक संपदा अधिकार यानी जीआई पंजीकरण मिलने पर बधाई दी है ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बौद्विक संपदा अधिकार का दर्जा प्राप्त होने के बाद गोरखपुर जिले के इस उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष दो हजार अट्ठारह में गोरखप्र के टेराकोटा शिल्प को एक जिला एक उत्पाद योजना के रूप में मान्यता दी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए इक्कीस राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल आश्तोष शर्मा समेत समी शहीदों को श्रद्वांजलि दी है कर्नल आश्तोष बुलंदशहर की सियाना तहसील के गांव परवाना के मूल निवासी थे मुख्यमंत्री ने शहीद कर्नल के परिवार को पचास लाख रूपये के आर्थिक सहयोग और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है कर्नल आश्तोष की स्मृति में उनके पैतक गांव में गौरव द्वार का निर्माण कराया जाएगा इमरियागंज के सांसद जगदभ्विका पाल ने लोगों से लॉकडाउन के तीसरे चरण का कडाई से अनुपालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि छूट के बाद भी हमें कोविड नाइन्टीन से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपाय करने हॉगे ताकि कोरोना महामारी को पूरी तरह खत्म किया जा सके सांसद ने आज जिला प्रशासन को पांच हजार गमछा और पांच हजार सैनिटाइजर का सहयोग दिया विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं सरकार ने व्हाट्सएप पर चल रही इन खबरों का खंडन किया है कि देश में सभी बेरोजगारों को प्रतिमाह पैंतीस सौ रूपये दिए जा रहे हैं पत्र सूचना कार्यालय ने इसे फर्जी बताते हुए स्पष्ट किया है कि केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों का खंडन किया है कि सरकार ने जीएसटी की वापसी के अनुरोघ को ऑनलाइन निपटाने की प्रक्रिया शुरू की है बोर्ड ने इस तरह की खबरों को फर्जी बताते हुए कहा है कि करदाता इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करें